प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर देती है आकाशवाणी से मन को बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश की विशालता और विविधता देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है उन्होंने दिल्ली के हुनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की विशालता संस्क्रति परम्पराओं खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है इस हाट में प्रदर्शित पारम्परिक वस्त्र हस्तशिल्प कृतियां कालीन बर्तन बांस और पीतल के उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र समूचे भारत की कला तथा संस्कृति की अनोखी झलक पेश करते हैं उन्होंन कहा कि इन शिल्पकारों की साधना लगन और अपने हुनर से प्रेम की कहानियां बहुत प्रेरणादायक हैं हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेन्टिंग्स बेचती थी लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया आज वो ना केवल आत्मनिर्भर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है प्रधानमंत्री ने कहा हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख हस्तशिल्पियों को रोजगार के अवसर मिले हैं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 उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी रूचि के अनुसार किसी शारीरिक और साहसपूर्ण गतिविधि को चूनें प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगातार दिलचस्पी बढ़ रही है उन्होंने इसरो के यूवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का भी जिक्र करते हुए कहा कि विद्यार्थी अपनी छुट्टियों के दौरान इसरो के विभिन्न केन्द्रों में जाकर विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी हासिल करते हैं इस प्रोग्राम में अपने एग्जाम्स के बाद छुट्टियों में स्टूडेन्स इसरो के अलग अलग सेन्टर्स में जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस और स्पेस ऐप्लीकेशन्स के बारे में सीखते हैं आपको यदि यह जानना है ट्रेनिंग कैसी है किस प्रकार की है कितनी रोमांचक है पिछली बार जिन्होंने इसको अटेन्ड किया है उनके एक्सपीरियंस अवश्य पढ़ें

इस उड़ान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में दस प्रतिशत इंडियन बायो जेट ईधन का मिश्रण किया गया था खास बात यह है कि यह बायोजेट फ्यूल नॉन एडिबिल ट्रीबार्न ऑयल से तैयार किया गया श्री मोदी ने कहा कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां को साहस और इच्छा शक्ति से बदला जा सकता है इस सिलसिले में उन्होंने मुरादाबाद ज़िले के हमीरपुर गाँव में रहने वाले सलमान की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा सलमान जन्म से ही दिव्यांग है उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया साथ ही ये भी निश्वय कियाा कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे

खास बात ये है कि सलमान ने साथी दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी अब ये सब ॅमिलकर मैनूफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति अपार प्रेम और जीवों के लिए दया का भाव जैसी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हर साल भारत आते हैं उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि अगले तीन वर्षों तक भारत प्रवासी पक्षियों पर होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए बिहार की पूर्णिया की कहानी बताई जिसने सरकार की सहायता से शहतूत उत्पादन सहकारिता समूह बनाया समूह की महिलाओं ने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से साड़ियां तैयार करना शुरू किया श्री मोदी ने पर्वो का जिक्र करते हुए कहा कि पर्व और त्यौहार हमारे देश में सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं यह पर्व समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने में मददगार साबित होते है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार आम नागरिकों को स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी ज़रूरी उपाय कर रही है श्रो योगी आज अयोध्या के सूर्य कुण्ड दर्शन नगर में आयोजित आरोग्य मेले के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार हज़ार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आरोग्य मेले आयोजित कर लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी दवाइंयाँ और ज़रूरी जाँच की सुविधायें दी जा रही हैं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप इस कार्यक्रम को युद्धस्तर पर बढ़ाया जा रहा है और आरोग्य मेला का आयोजन भी समाज के अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने का एक कारगर अभियान है प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धित उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार ने राज्य में अठ्ठाइस मेडिकल कालेजों की नींव रखी है जिसमें से सात मेडिकल कालेजों ने काम करना शुरू कर दिया है अयोध्या प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने रामजन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन भी किये बलरामपुर और कुशीनगर ज़िलों के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के साथ साथ बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण दिवस भी मनाया गया इन मेलों में ग्रामोण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं सहित आम लोगों ने डाक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल की इसके अलावा ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने मरीजों की जाँच के बाद उन्हें पोषण के तरीके उचित खानपान बच्चों की देखरेख और उनके पोषण के बारे में ज़रूरी सलाह दी

इस दौरान वह अहमदाबाद आगरा और दिल्ली आएंगे उनके स्वागत में कल अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में मंच साझा करेंगे एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक आयोजित होने वाले रोडशो और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इधर आगरा अमरीकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है श्री ट्रम्प कल शाम अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आगरा आ रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि ट्रम्प परिवार सूर्यास्त से पहले ताज महल में लगभग एक घंटा बितायेगा ऐतिहासिक शहर आगरा में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के स्वागत की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं सड़कों को सजाया जा रहा है दीवारों पर पेटिंग बनाई गई हैं और प्रेम की निशानी ताजमहल के बागीचों में फूलों की सजावट की जा रही है पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ मिलाती हुई होडिंग लगाई गई हैं जो दोनो देशो की दोस्ती को बया करती हैं इस खास दौरे के मद्देनजर कई स्तरीय सुरक्षा कवर तैयार किया गया है और सुरक्षाबल शहर के चप्पे चप्पे पर निगाह रख रहे हैं अमेरिकी सुरक्षा बलो और एनएसजी के अधिकारियों के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किये गये हैं आकाशवाणी समाचार के लिए सुशील चंद्र तिवारी

योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में हर साल छः हजार रुपये किस्तों में भेजे जाते हैं पहले योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की अधिकतम जोत वाले सभी छोटे और मझोले किसानों की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया था बाद में सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रभावी उपाय कर रही है

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत देश में बयालिस लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है